प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इक्कीस हजार पांच सौ अंठावन हुई

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इक्कीस हजार पांच सौ अंठावन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार तीन सौ पचासी नये मामलों की पुष्टि हुई पटना में सबसे अधिक तीन सौ अठहत्तर मामले सामने आये हैं नालंदा में तिरानवे मुजफ्फरपुर में अड़सठ सीवान में तिरसठ जमुई में उनसठ भागलपुर में पचपन भोजपुर में चौवन पश्चिम चंपारण में तिरपन लखीसराय में पैंतालीस और गया में बयालीस मामले पॉजिटिव पाए गए हैं इसी तरह सारण में अड़तीस बेगूसराय में छत्तीस मुंगेर में तैंतीस समस्तीपुर में इकतीस वैशाली में तीस पूर्णिया में चौबीस जहानाबाद में तेईस बक्सर और दरभंगा में बाईस बाईस खगड़िया में इक्कीस गोपालगंज में अठारह सुपौल में सोलह अरवल बांका नवादा और शेखपुरा में पन्द्रह पन्द्रह किशनगंज और मधेप्रा में चौदह चौदह कटिहार में आठ कैमूर और सहरसा में सात सात रोहतास में छह शिवहर में पांच तथा औरंगाबाद में दो लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की पुष्टि हुई है इधर स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में इस वैश्विक महामारी से अब तक एक सौ अस्सी लोगों की मौत हो चुकी है जबकि चौदह हजार एक सौ एक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये राज्य में प्रतिदिन बीस हजार नमूनों की जांच का अधिकारियों को निर्देश दिया है उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आईसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाने और कोविड अस्पताल तथा कोविड हेल्थ और केयर सेंटर में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार का भी निर्देश दिया उन्होंने होम आईसोलेशन के लिए मार्गदर्शिका के प्रकाशन का सुझाव दिया ताकि ऐसे मरीजों को पता चल सके कि उन्हें किस किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं पटना प्रमंडल में कोविड उन्नीस के गम्भीर रोगियों के उपचार के लिए आज से प्लाज्मा दान करने के लिए विशेष अभियान की शुरूआत हो रही है प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए सभी छह जिलों में कोषांग बनाये गये हैं उन्होंने कोविड उन्नीस से स्वस्थ हुए लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है श्री अग्रवाल ने कहा है कि ऐसे लोगों को कोरोना योद्धा के तौर पर प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा इसके अलावा प्लाज्मा दान करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के लिये साल भर के भीतर रक्त की आवश्यकता होगी तो उन्हें एक यूनिट खून उपलब्ध कराया जायेगा वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा कोरोना संक्रमित पाये गये हैं वहीं बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत छह कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इन सभी के सम्पर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है इधर पीएमसीएच के छह चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं प्रदेश की सभी थोक दवा द्रकानें और मंडियां शनिवार और रविवार को बंद रहेगी बिहार केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये यह फैसला किया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल को एम्स के साथ जोड़ा जायेगा पटना एम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में आज एक टीम अस्पताल का निरीक्षण करेगी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये प्रदेश में ऑनलाईन म्यूटेशन का काम इकतीस जुलाई तक बंद रहेगा राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है डिजिटल जमाबंदी में सुधार का काम भी इस अवधि के दौरान बंद रहेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब सभी पंजीकृत चिकित्साकर्मी कोविड उन्नीस जांच की सिफारिश कर सकते हैं मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जांच और उपचार की प्रकिया तेज कर रही है जिसके कारण अब देशभर में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ रही है इस समय आठ सौ चौहत्तर सरकारी और तीन सौ साठ निजी प्रयोगशालाओं में कोविड की जांच की जा रही है दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाने की सलाह दी है बाईट मास्क की जरूरत उन इंसानों को हैजिनको हेत्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना मरीज के इलाजमें या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका हैलेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ हैं और आपको किसी तरह तकलीफनहीं है या अमी पलू के लक्षण नहीं है तो आप को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस लाख के आंकड़ें को पार कर गयी है मंत्रालय के बुलेटिन के अनुसार संक्रमितों की संख्या दस लाख तीन हजार आठ सौ बत्तीस है वहीं देश भर में अब तक छह लाख पैंतीस हजार सात सौ संतावन रोगी ठीक हुए हैं मृतकों की कुल संख्या पच्चीस हजार छह सौ दो हो गई है प्रदेश के डाकघरों में मास्क और सेनेटाईजर की बिक्री होगी इसके लिए डाक विभाग ने खादी इंडिया के साथ समझौता किया है बिहार प्रक्षेत्र के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि काढ़ा और हैंडवॉश भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के तहत इक्यावन डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी बाईस जुलाई से सभी डाकघरों में इन सामानों की बिक्री शुरू हो जायेगी चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक मत पत्र यानि पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं देने का फैसला किया है आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है सिर्फ अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के लोगों दिव्यांगजनों और पूर्व से निर्धारित लोगों को ही पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलती रहेगी गौरतलब है कि कोविड उन्नीस के प्रकोप को देखते हुए आयोग ने इस संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर पूर्व में पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी थी और विधि मंत्रालय ने इसे अधिसूचित भी किया था इधर कोरोना संकट को देखते हुये बिहार विधान सभा चुनाव के लिए तैंतीस हजार सहायक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित सहायक मतदान केन्द्रों के स्थल का भौतिक सत्यापन कर प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज दिया गया है चुनाव आयोग की सहमति के बाद इन केन्द्रों को सहायक मतदान केन्द्रों के रूप में अधिसूचित किया जायेगा गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्य पूलिस बलों की सीधी भर्ती परीक्षा में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को वरीयता देने के लिए समुचित उपाय करें सभी राज्यों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा है कि इससे अधिक संख्या में युवाओं को एनसीसी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा इससे राज्य पुलिस बलों में अधिक अनुशासित शारीरिक दृष्टि से चुस्त और भली भांति प्रशिक्षित युवाओं को शामिल करने में मदद मिलेगी प्रदेश की कई नदियों में उफान से सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं दरभंगा में बागमती और अधवारा समूह की नदियों से घनश्यामपुर किरतपुर कुशेश्वरस्थान और गौराबोराम प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं दरभंगा शहर के बाईस वार्डों के कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिला प्रशासन ने इन इलाकों में सामुदायिक रसोई घरों का संचालन शुरू किया है वहीं लोगों के इलाज के लिये मेडिकल टीम भी तैनात की गयी है सहरसा और सुपौल जिले के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बाढ़ के कारण खेत में लगी फसल डूब गयी है इधर पश्चिम चंपारण से हमारे संवादददाता ने बताया कि वाल्मिकी नगर गंडक बराज से एक लाख चौवन हजार क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया इससे वाल्मिकी नगर ठकराहा भितहा बैरिया और नौतन के दो दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है अरेराज प्रखंड के भी कई गांवों में पानी फैलने लगा है इधर गंडक की सहायक नदी मसान का जलस्तर तेजी से बढ़ा है जिसके कारण रामनगर प्रखंड में भीषण कटाव हो रहा है समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के नामापुर गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी फैल गया है सीतामढ़ी जिले के सात प्रखंडों के दर्जनों गांव में कमला बलान का पानी प्रवेश कर चुका है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के कई गांवों का जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क टूट गया है प्रखंड के छब्बीस पंचायत बाढ़ की चपेट में है जिले के सकरा प्रखंड के सबहा स्थित बरियारपुर मसरिचा मुख्य मार्ग पर पुल का डायवर्जन ध्वस्त हो गया है इधर बाढ़ के पानी में डूबने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम सोलह लोगों की मौत हुई है सीतामढ़ी में आठ मुजफ्फरपुर में सात और पूर्वी चम्पारण में एक व्यक्ति की मौत की खबर है प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर बढ़ रहा है पटना के गांधी घाट हाथीदह और भागलपुर में जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है वहीं घाघरा नदी के जलस्तर में सारण जिले के छपरा में बढ़ोतरी दर्ज की गयी गंडक नदी मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट में खतरे के निशान से सात सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं ब्रुढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया में लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण जिले के लालबगिया घाट में और खगड़िया में लाल निशान के आसपास दर्ज किया गया है बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के कटौंझा में अब भी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बना हुआ है वहीं अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में उफान पर है मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में कमला बलान नदी अब भी लाल निशान के ऊपर बनी हुई है जबकि कोसी नदी का जलस्तर सुपौल जिले के बसुआ में कम हुआ है वहीं खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया जिले मे परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर है लेकिन इसमें तेजी से गिरावट हो रही है प्रदेश में मॉनसून अब सामान्य हो गया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले चौबीस घंटों तक छिटपुट बारिश की सम्भावना है पूर्वानुमान में कहा गया है कि अठारह से बीस जुलाई तक नेपाल के तराई से सटे जिलों और उत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है बीस जुलाई को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सारण सीवान और गोपालगंज में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग ने चौंसठवीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है एक हजार चार सौ पचास रिक्तियों के विरूद्ध तीन हजार सात सौ निन्यानवे अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं परिणाम आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक फाइनांस कंपनी के कर्मचारियों से पांच लाख रुपये लूट लिये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 दैनिक भास्कर की सुर्खी है अड़सठ दिन के लॉकडाउन के मुकाबले छियालीस दिन के अनलॉक में देश और बिहार में चार गुना बढ़े मरीज हिन्दुस्तान लिखता है पटना में पिछले चौबीस घंटे में रिकॉर्ड चार उन्नीस संक्रमित आज और राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर की गयी समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने चुनाव आयोग के फैसले को प्रकाशित करते हुये लिखा है पैंसठ से अधिक उम्र वालों को नहीं मिलेगा पोस्टल बैलेट प्रभात खबर ने महादलित मिशन घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है नकद में छात्रवृत्ति देने वाले अफसरों पर होगी प्राथमिकी और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इक्कीस हजार पांच सौ अंठावन हई